दवाए किराना और दूध की द्वानेंए बैंकए पेट्रोल पंप ऑनलाइन खरीददारी को छूट उत्तराखंड विधानसभा में आज बिना चर्चा पास हआ अगले वित्तीय वर्ष का बजट सरकार ने कोरोना योदधाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की

इस दौरान सभी सड़कए रेल और विमान सेवाएं बंद रहेंगीए लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की द्वकानए पेट्रोल पम्पए किरानाए दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी गई है

राष्ट्र को संबोधित करते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी कर्फ्यू की तरह होगी और जनता कर्फ्यू से अधिक सख्त होगी

प्रधानमत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस पर अंकृश लगाने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करना होगा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कोरोना योदधा स्वास्थ्य अधिकारियोंए प्रलिस कर्मियोंए मीडियाकर्मियोंए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा दिए जाने की घोषणा की इससे पहले सदन में आने वाले विधायकोंए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजारी जारी की गई विधानसभा के प्रवेश दवार पर सभी को सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए गए थर्मल स्कैनिंग के लिए मेडिकल टीम मौजूद रही स्कैनिंग के बाद ही सदन में प्रवेश दिया गया सदन में सदन में डेढ़ मीटर के फासले पर विधायक बैठे सीएम अपील कोरोना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए देश प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए राज्य सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं

उन्होंने बताया कि राज्य और जनपद स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है विकासखण्ड और ग्राम स्तर पर एएनएम आशा कार्यकत्री ग्राम प्रधान और ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है निम्न आय वर्ग को दिक्कत न हो इसीलिए सरकार द्वारा ईएसआई में पंजीकत श्रमिकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है

विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना महामारी के दौरान भी स्वच्छता बनाए रखने और समाज को अपनी सेवायें सुचारु रूप से देने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सफाई कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनका आभार जताया

आज नवसंवत्सर के अवसर पर कपाट ख्लने की तिथि तय हुई इस अवसर पर तीर्थ प्रोहित और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर रखने का केवल एक ही विकल्प है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानि एकदूसरे से दूरी बनाये रखना

कोराना वायरस का असर इस पावन पर्व पर भी नजर आ रहा है सभी मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा है लॉकडाउन के चलते लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार के सभी मंदिरों के कपाट बंद दिखाई दिए यहां के मनसा देवीए चंडी देवीए काली मंदिरए शीतला माता मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में केवल प्जारी ने ही पूजा अर्चना की उधर चंपावत में मां पूर्णागिरि मन्दिर के साथ ही विभिन्न मंदिरों कोई नहीं पहुंचा बागेश्वर में हिन्द् नर्व वर्ष का लोगों ने सादगी से स्वागत किया इस बार आरएसएस दवारा पंथ संचलन नहीं किया गया और न ही स्कूलों दवारा प्रभातफेरी निकाली गई लोगों ने घरों में पूजा कर मां भगवती से कोरोना वायरस के जल्द खात्मे की कामना की इस बार भंडारे आदि का आयोजन नहीं होगा अन्य जिलों में भी चैत्र न वरात्र सादगी से मनाया जा रहा है डॉक्टर एडवायजरी कोरोना वायरस को हराने का सबसे कारगर तरीका है इससे बचाव जो सिर्फ घर पर रहकर ही किया जा सकता है एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत का भी कहना है कि लोगों से दूरी बनाये रखना इस वक्त की जरूरत है

प्रदेश के सभी जिलों में हर बाजार हर सड़क कस्बों और गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा इक्का दुक्का लोग ही जरूरी कामों से घरों से निकले पेट्रोल गैस राशन दूध जैसी आवश्यक चीजों आपूर्ति सुचारू ढंग से चलाई जा रही है

इसके बाद सब घरों में कैद हो गये प्लिस भी अपने कार्य में मुस्तैदी से जूटी हुई है जनता से निरंतर अपील की जा रही है कि वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन का पालन करे पुलिस प्रशासन ने जरूरी सामान उपलब्ध कराने वाली द्कानों की सूची फोन नंबर सहित उपलब्ध कराई है उधर बागेश्वर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्लिस ने तीन लोगों पर एफआईआर करने के साथ ही बीस लोगों पर शांति भंग में चालान किया इसके अलावा पांच वाहनों को सीज भी किया गया